पिछले चौबीस घंटों के दौरान सात हजार चार सौ सतासी नये मामलों की पुष्टि इकतालीस लोगों की मौत

सरकार को कोविड इलाज की सुविधाएं सुचारू करने के दिये निर्देश

वेबसाइट के माध्यम से निबंधन हुआ शुरू कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें देश भर में अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को पहली मई से कोविड के टीके लगाये जायेंगे केन्द्र ने कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण की रणनीति की कल घोषणा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया इस चरण में सभी सरकारी टीकाकरण केन्द्रों पर पात्र लोगों को पहले की तरह मुफ्त टीके लगाये जायेंगे इनमें स्वास्थ्यकर्मी अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और पैतालीस वर्ष की आयु के सभी लोग शामिल हैं गौरतलब है कि कोविड उन्नीस की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में युवा वर्ग के लोग इस महामारी से संक्रमित हो रहे हैं इसे देखते हुए सरकार ने टीकाकरण की रणनीति में बड़ा बदलाव किया है इस चरण में वैक्सीन निर्माता मासिक उत्पादन का पचास प्रतिशत आपूर्ति केन्द्र सरकार को करेंगे तथा बाकी पचास प्रतिशत वैक्सीन की आपूर्ति वे राज्यों और खुले बाजार में कर सकेंगे वैक्सीन निर्माता राज्य सरकारों तथा खुले बाजार में उपलब्ध होने वाली वैक्सीन की कीमत पारदर्शी रूप से पहले से ही घोषिति करेंगे अन्य श्रेणियों के लिए निर्धारित पचास प्रतिशत वैक्सीन में से ही निजी अस्पताल अपने लिए वैक्सीन की खरीद करेंगे इनमें केन्द्र सरकार के लिए निर्धारित पचास प्रतिशत की आपूर्ति शामिल नहीं है इधर प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक लाख चार हजार इकतीस लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है इनमें अठहत्तर हजार छह सौ इकसठ लोगों को पहला जबकि छब्बीस हजार सत्रह लोगों को दूसरी डोज लगायी गयी है राज्य में अब तक लगभग साठ लाख अठाईस हजार लोगों को कोविड टीके दिये जा चुके हैं वहीं देश में अब तक बारह करोड अड़तीस लाख से अधिक कोविड टीके लगाये जा चुके हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान बारह लाख तीस हजार टीके लगाये गये एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल ने आकाशवाणी से बातचीत में सभी पात्र लोगों से कोविड टीका लेने की अपील की है

अगर डरने की जरूरत है आप इस बीमारी से डरिए वैक्सीन से नहीं वैक्सीन सेफ और काफी इफेक्टिव है समझने की जरूरत है कि यैक्सीन का जो प्राइमरी काम है अगर बाइचांस आपको यैक्सीन लेने के बाद इनेफेक्शन हो भी गया तो किसी भी सीवियर बीमारी में कन्वर्ट होने से आपके जो बीमारियां इतने डेयलप न हो कि आपको येंटिलेटर पर जाने की जरूरत पड़े इन सब चीजों से बचाने में आपकी मदद करता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड महामारी के तेजी से प्रसार को देखते हुए छोटे शहरों में संसाधनों को उन्नत बनाने के प्रयास तेज करने की अपील की है प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों से आग्रह किया कि वे इन शहरों में काम कर रहे अपने सहयोगियों से संपर्क बनाये रखें और उन्हें ऑनलाइन परामर्श दें ताकि सभी नियमों का सही ढंग से पालन किया जा सके प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के मुद्दे और टीकाकरण अभियान की प्रगति के बारे में देशभर के प्रमुख डॉक्टरों से आज वर्चुअल माध्यम से बातचीत की उन्होंने डॉक्टरों से आग्रह किया कि कोविड उपचार और रोकथाम से संबंधित कई भ्रांतियों और अफवाहों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए श्री मोदी ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस मुश्किल समय में लोग घबराहट के शिकार न हों प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए समुचित उपचार के साथ अस्पतालों में भर्ती मरीजों की काउंसिलिंग पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए उन्होंने डॉक्टरों को आपात स्थिति के मामले में अन्य बीमारियों के उपचार के लिए टेलीमेडिसन का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया प्रदेश में कोविड की दूसरी लहर में संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान रिकॉर्ड सात हजार चार सौ सत्तासी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर बावन हजार एक सौ सतासी हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पटना से सबसे अधिक दो हजार छह सौ बहत्तर नये मामले दर्ज किये गये हैं वहीं मुजफ्फरपुर में तीन सौ नवासी मुंगेर में तीन सौ उनचास भागलपुर में तीन सौ चौदह गया में दो सौ इकसठ बेगूसराय में दो सौ पचपन सारण में दो सौ तैंतालीस बांका और औरंगाबाद में दो दो सौ जहानबाद में एक सौ सतहत्तर पश्चिम चंपारण में एक सौ छिहत्तर सहरसा तथा सिवान में एक सौ उनसठ एक सौ उनसठ नये मामलों की पृष्टि हुई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में इकतालीस लोगों की मौत के साथ ही कोरोना से मृत लोगों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार सात सौ नब्बे हो गया है वहीं इसी अवधि में दो हजार छह सौ उन्नीस लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर चौरासी दशमलव पांच दो प्रतिशत है छपरा के एक रिमांड होम में अड़तीस बच्चे कोविड संक्रमित हो गये हैं सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्य मं ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए केन्द्रीय इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से बात की बातचीत के दौरान श्री प्रसाद ने बोकारो स्टील प्लांट से शीघ्र पटना को अतिरिक्त मात्रा में लिक्विड ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद सुशील कुमार मोदी ने केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख भाई मांडविया से राज्य के लिए रेमडेसिविर का कोटा बढ़ाने की मांग की है रेमडेसिविर दवा की जमाखोरी और कालाबाजारी पर कडी निगरानी रखी जा रही है राज्यों से कहा गया है कि इसकी निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित बनाया जाये तथा इसकी जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कडी कार्रवाई की जायेगा केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानन्द गौडा ने दवा कम्पनियों के साथ बैठक की जिसमें रेमडेसिविर की उपलब्धता पर विचार विमर्श किया गया केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले सप्ताह में रेमडेसिविर का उत्पादन दोगुना हो जायेगा केंद्र सरकार ने उस रिपोर्ट को भ्रामक करार दिया है जिसमें दावा किया गया है कि भारत में डबल म्यूटेशन कोविड संक्रमण पूरे विश्व को चिंतित कर रहा है पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया कि इस तरह का डबल म्यूटेशन संक्रमण कई अन्य देशों में भी पाया गया है राज्य में कोविड अस्पतालों में सुविधाओं की कमी और इलाज की व्यवस्था के बारे में मिल रही शिकायतों पर पटना उच्च न्यायालय ने चिंता जताते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है न्यायालय ने दवाओं ऑक्सीजन और बेड की कमी से होने वाली मौत को मानवाधिकार का उल्लंघन बताया है साथ ही हाईकोर्ट ने कोविड नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा बनाये गये अब तक की कार्ययोजना पर रिपोर्ट मांगी है न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति एम के शाह की खंडपीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई करते हुए एम्स के निदेशक और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की सदस्यता वाली दो लोगों की कमिटी का गठन किया यह समिति राज्य के कोविड अस्पताल का निरीक्षण कर वहां मौजूद कमियों के बारे में न्यायालय को अवगत करायेगी हाईकोर्ट ने बिहटा स्थित ईएसआईसी के अस्पताल को डेडीकेटेड कोविड अस्पताल के रूप में तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया न्यायालय ने राज्य में स्थायी ड्रग कंट्रोलर के नहीं रहने पर भी कड़ी नाराजगी जतायी कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर पटना जिला प्रशासन ने बाजार में लगने वाली भीड़ को रोकने के लिए दुकानों को तीन श्रेणियां बनाकर उनके खुलने का दिन और समय निर्धारित किया है सभी दुकानें शाम छह बजे तक खुलेंगी आवश्यक सेवा में शामिल किराना दूध दवा सहित अन्य दुकानों को प्रतिदिन खोलने की अनुमति दी गयी है वहीं गैर जरूरी श्रेणी की कुछ दुकानों को सप्ताह में तीन दिन ही खोलने का आदेश दिया गया है जिलाधिकारी चन्द्रशेखर सिंह ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर दुकानों को सील कर दिया जायेगा दूसरी ओर अधिक भीड़ वाले स्थानों पर धारा एक सौ चौवालीस लागू की जायेगी जिला प्रशासन की ओर से सोमवार बुधवार और शुक्रवार को मुख्य रूप से इलेक्ट्रिकल सैलून फर्निचर और सोना चांदी की दुकाने खोलने का आदेश दिया गया हैं जबकि मंगलवार गुरूवार और शनिवार को कपड़ा बर्तन जूता चप्पल ड्राई क्लीनर्स स्पोटर्स कृषि कार्य और यंत्र से जुड़ी दुकानें खुलेगी आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि निर्माण कार्य और औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा इधर कोरोना गाइडलाईन का उल्लंघन करने के मामले में मोकामा में चार शॉपिंग मॉल और बाढ़ अनुमंडल में दो शॉपिंग मॉल तथा पांच दुकानों को सील कर दिया गया है कोविड संकट के बीच दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार ने लोगों का वेबसाइट के माध्यम से निबंधन श्रू किया है श्रम संसाधन विभाग दूसरे विभागों के साथ तालमेल स्थापित कर बेरोजगार हुए श्रमिकों को काम और स्वरोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा विभाग ने अपने अधिकारियों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर विभिन्न जिलों में जरूरतमंद लोगों की पहचान करने का निर्देश दिया है गौरतलब है कि श्रम संसाधन विभाग ने लगभग पच्चीस लाख श्रमिकों का आंकड़ा एकत्र किया है ऐसे लोगों को आवश्यकता के अनुसार सहायता दी जायेगी प्रदेश में महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री महिला और युवा उद्यमी योजना की स्वीकृति दी गयी है इन दोनों योजनाओं के लिए चालू वित्तीय वर्ष में दो दो सौ करोड़ रूपये जारी किये गये हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया इन योजनाओं के तहत महिलाओं और युवाओं को दस दस लाख रूपये का ऋण सरकार उपलब्ध करायेगी इसमें पांच लाख रूपये सरकार की ओर से अनुदान दिया जायेगा जबकि शेष पांच लाख रूपये एक प्रतिशत के ब्याज से लौटानी होगी इसके अलावा नौ एजेंडों पर भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है चैत्र नवरात्र के आठवें दिन आज मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है कोविड महामारी के कारण श्रद्धाल् अपने घरों में ही अनुष्ठान कर रहे हैं मान्यता है कि देवी दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से पाप से मुक्ति मिलती है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने वनरक्षी और वनपाल के पद पर निय़क्ति के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है

अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है बिहार में अट्ठाईस दिनों में बावन हजार एक सौ सतासी संक्रमित अखबार लिखता है देश भर में एक दिन में रिकार्ड एक हजार सात सौ संतावन लोगों की गयी जान दैनिक भास्कर ने टीकाकरण से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है टीकाकरण फेज थ्री राज्य और निजी अस्पताल कंपनियों से खरीद सकेंगे वैक्सीन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हवाले से अखबार लिखता है टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के साथ स्वास्थ्य सुविधा बढ़ायें प्रभात खबर की सुर्खी है पटना में रिकार्ड दो हजार छह सौ बहत्तर नये कोरोना पॉजिटिव संक्रमण दर हुई चौबीस दशमलव चार दो

पिछले चौबीस घंटों के दौरान सात हजार चार सौ सतासी नये मामलों की पुष्टि इकतालीस लोगों की मौत

सरकार को कोविड इलाज की सुविधाएं सुचारू करने के दिये निर्देश

वेबसाइट के माध्यम से निबंधन हुआ शुरू